अगले वित्त वर्ष की वार्षिक योजना के लिए शिमला में हुई विधायक प्राथमिकता बैठक मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों को प्राथमिकता देने पर दिया बल स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर डॉक्टरों की एक टीम ने कल्पा जाकर देश के पहले मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी का जांचा स्वास्थ्य

लाहौल स्पिति किन्नौर चम्बा शिमला और कुल्लू ज़िलों में पिछले दो तीन दिनों से हिमपात जारी है भारी बर्फबारी से लाहौल स्पिति और किन्नौर ज़िले में सड़क यातायात पूरी तरह बंद हो गया है और पानी आपूर्ति सहित संचार व्यवस्था भी चरमरा गई है

जिले में राष्टीय उच्च मार्ग पर भी यातायात बाधित है और आज दोपहर पूह के निकट टिंकू नाला में सड़क पर भारी हिमखंड गिरा है हालांकि इसमें किसी जानी नुकसान का कोई समाचार नहीं है कुल्लू ज़िले की उंची चोटियों पर भी हिमपात हो रहा है और कुल्लू मनाली मार्ग पर यातायात अवरूद्व हो गया है चम्बा ज़िले के जनजातीय इलाकों पांगी और भरमौर में भी भारी बर्फबारी हुई है और पांगी घाटी का दुनिया के अन्य भागों से सम्पर्क कट गया है पर्यटन नगरी डल्हौजी में भी आधा फुट से अधिक बर्फ पड़ी है

जाखू चोटी पर करीब डेढ़ फुट और कुफरी नारकण्डा व खड़ापत्थर में दो फुट तक हिमपात हो चुका है भारी हिमपात से जिले के उपरी भागों का राजधानी से सम्पर्क कट गया है शिमला के निकट तारादेवी और शोधी में भी इस मौसम का पहला हिमपात हुआ है श्मिला शहर में यातायात के लिए अवरूद्व हुई सभी सड़कों से बर्फ हटाने का काम युद्वस्तर पर जारी है सोलन ज़िला मुख्यालय में भी आज इस मौसम का पहला हिमपात हुआ चायल कसौली और बड़ोग की चोटियों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है

राज्य के मैदानी इलाकों में व्यापक रूप से भारी वर्षा हुई जिससे सूखे का दौर समाप्त हुआ है और किसानों ने राहत की सांस ली है यह वर्षा और बर्फबारी रबी की फसलों के लिए बेहद फायदेमंद बताई गई है

जनजातीय क्षेत्रों के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान शून्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिला उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को प्रदेश में हिमपात के कारण बाधित सभी आवश्यक सेवाओं को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सभी प्रमुख सड़कों खासतौर पर अस्पतालों और अन्य जरूरी सेवाओं वाले मार्गों से बर्फ हटाकर इन्हें प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने को कहा है मुख्यमंत्री ने बिजली आपूर्ति बाधित वाले इलाकों में सप्लाई जल्द सुचारू बनाने को कहा है जयराम ठाकुर ने जरूरी सुविधाओं की शीघ्र बहाली के लिए सभी विभागों को विभिन्न स्तरों पर एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने बर्फबारी के दौरान लोगों को सचेत रहने और सरकार व प्रशासन से सहयोग की अपील की है

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि बजट को और अधिक लोक केन्द्रित बनाने के उद्देश्य से समाज के विभिन्न हितधारकों सहभागिता व विचारों का समावेश बजट में ज़रूरी है ऐसे में सरकार ने आम लोगों उद्योगों व्यापारिक व कृषक संगठनों से बजट के बारे में सुझाव मांगे हैं विधायक बैठकें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों के मुद्दों व सुझावों को प्राथमिकता देने के अधिकरियों को निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तय समय पर तैयार की जानी चाहिए और ऐसा न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जयराम ठाकुर ने वन स्वीकृतियों के मामले प्राथमिकता के आधार पर लेने और सड़कों के नियमित रखरखाव के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी व जवाब देह प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्व है और भ्रष्टाचार किसी भी रूप में बर्दाशत नहीं किया जाएगा बैठक में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित विकास योजनाओं का उल्लेख किया इस दौरान शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर और वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे श्याम सरन स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने देश के पहले मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी का उनके पैतुक गांव कल्पा जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें आवश्यक दवाईयां दीं

परमार ने श्याम सरन नेगी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना भी की है सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियां गलत व्याख्या कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा इस अधिनियम को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने और अधिनियम की वास्तविक जानकारी लोगों को देने के लिए भाजपा ने जनजागरण अभियान शुरू किया है

उन्होंने बताया कि बूथ बैठकों में राज्य सरकार की दो वर्षों की उपलब्धियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी भर्ती ऊना ऊना के इंदिरा स्टेडियम में कल से शुरू होने वाली सेना भर्ती के लिए प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर भर्ती स्थगित होने संबंधी अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो सही नहीं है उन्होंने युवाओं से निश्चित समय पर निर्धारित स्थान पर पहुंच कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का आग्रह किया है

मामले की सुनवाई करते हुए आज न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और चंद्र भूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने माना की पटवारी की परीक्षा के लिए पेपर सेट करने में अनियमितता बरती गई है और इसकी जांच होनी चाहिए अदालत ने सीबीआई को इस संबंध में अदालत में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं